केन्द्र सरकार ने स्प्रष्ट किया है कि अबतक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय गया है गृह राज्य मंत्रीनित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उतर में यह जानकारी दी

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते ह्ये यह जानकारी दी

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने यूवाओं को राष्ट्रीय कैडेट कोर व राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त् करने का आहवान किया है ताकि वे अनुशासित युवा कर कुल नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम हो सकें श्री आर्य आज एनसीसी व एनएसएस के कैडेट्स व स्वयं सेवको के सम्मान में आयोजित समारोह मे बोल रहे थे

हरियाणा की एनससी की इस ट्कड़ी ने चौधी बार परेड की प्रथम स्थान प्राप्त किया है समारोह में एनएसएस के नौ स्वय सेवकों को भी सम्मानित किया गया जिनमें चार महिला स्वयं सेवक शामिल है इन्होंने भी गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस में एनएसएस की ट्रकड़ी का नेतृत्व करने वाले हिसार के स्वयंसेवक चेतन गृप्ता को विशेष तौर पर बधाई दी

अपने सम्बोधन मे राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का आदर्श एकता एवं अनुशासन है जबकि राष्ट्रीय सेना योजना का आदर्श मै नहीं बल्कि आप है ये दोनों संस्थायें अपने आदर्शो पर कार्यकर युवाओं में राष्ट्र व समाज सेवा की भावना पैदा करती है उन्होंने युवाओ से अपील की कि वे अपनी शक्ति को सही दिशा देकर सामाजिक क्रीतियों को दूर करने हये समाज व राष्ट्र की प्रगति मे अपना महत्वपूर्ण योगदान दें उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार भी एनसीसी और एनएसएस की गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने और उन्हें प्रोत्साहन देने का भरसक प्रयत्न करेगी केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दवारा हरियाणा को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तृतीय प्रस्कार से सम्मानित किया गया है

उन्होंने बताया कि कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने राज्य को यह प्रस्कार प्रदान किया

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि राज्य में नैतिक शिक्षा के माध्यम से स्कली विदयार्थियों को पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए जागरूक किया जायेगा ताकि वे भावी चुनौतियों से निपटने में सक्षम बन सकें शिक्षा मंत्री आज चंडीगढ़ में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार प्रस्तक का विमोचन और शिक्षा सम्मान समारोह में सम्बोधित कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने अध्यापकों से भी शिक्षा में ग्णवता बढ़ाने के लिए नई अवधारणायें लेकर आने का आहवान किया उन्होंने कहा कि सरकार इन पर विचार कर सकारात्मक कदम उठाने का प्रयास करेगी

आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायड्र ने चिकित्सा भाइचारे और विशेषज्ञों से लोगों में कैंसर की रोकथाम के बारे जागरूकता बढ़ाने का आहवान किया है श्री नायड्र ने कहा कि कैंसर का शीघ्र पता लगाने इसके निदान और उपचार पर अधिक से अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि ऐसे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समय समय पर जांच होनी चाहिए जहां कैंसर पैदा होने का खतरा ज्यादा है हरियाणा में आज कैंसर दिवस पर विभिन्न जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इनमें कैंसर से बचाव के प्रति लोगों को जानकारी दी गई जिला जींद में विशेष कार्यक्रम में चिकित्सकों की टीम ने स्कूल कालेज एवं गांवों मे जाकर लोगों को कैंसर के बचाव एवं लक्ष्णों के बारे विशेष तौर पर अवगत करवाया

उधर यमूनानगर के सिविल अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर के रोगियों को विभिन्न टेस्टों की निशुल्क स्विधायें प्रदान की गई इस मौके पर सिविल सर्जन डा विजय दहिया और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ आश्तोष ने लोगों को कैंसर से बचाव के प्रति जागरूक किया

आज पंचकला में यह जानकारी देते हये उन्होंने कहा कि इनमें से पांच लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गये थे जबकि चार की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है

उन्होंने कहा कि पंचकूला के सेक्टर दस का एक निवासी भी संदिग्ध है लेकिन वो नमूने देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के बार बार ब्लाने पर भी अस्पताल नहीं पहंचा है एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जबरदस्ती किसी का टेस्ट नहीं किया जा सकता और इस मामले में केन्द्र सरकार को सुचित किया जा चुका है लेकिन फिर भी संदिग्ध की निगरानी की जा रही है